राज्य कार्यसमिति की इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र मौजूद रहे वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन और राष्ट्रीय सचिव तरूण चुग वर्चुअल माध्यम से जुड़े

इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कार्यकर्ताओं से भाजपा सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने का आग्रह किया

निर्मला सीतारामन ने कहा कि उद्योगों के सरोकारों को समझने के लिए सरकार उनके साथ संपर्क बनाए हुए है राजीव सैजल स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न वर्गों की सुविधा के लिए हिमकेयर और सहारा जैसी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है

इस दौरान बद्दी स्थित एक निजी लेबोरेटरी ने स्वास्थ्य मंत्री को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नालागढ़ के लिए एक रोगी वाहन भी भेंट किया

चार्टिड अकांउटेंट इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टेड आकउंटेंटस ऑफ इंडिया की हिमाचल ब्रांच के पूर्व अध्यक्ष योगेश वर्मा और वरिष्ठ चार्टेड आकांउटेंट राजेश सक्सेना ने सरकारी योजनाओं में ऑडिट की व्यवस्था मजबूत करने के लिए स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करने की मांग की है शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में ऑडिट की व्यवस्था मजबूत न होने से भ्रष्टाचार पनप रहा है और कई घोटाले सामने आ रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकारी स्कीमों में ऑडिटरों की नियुक्ति के लिए सरकार को स्वतंत्र प्राधिकरण गठित करने पर भी विचार करना चाहिए कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी की एकता और देश की अखंडता के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार के रहने की वकालत की है पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने कहा कि सोनिया गांधी के इस पद पर रहने से पार्टी ने मजबूती के साथ भाजपा के जनविरोधी फैसलों का मुकाबला किया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुटता से सोनिया गांधी व राहल गांधी के साथ खड़ी है और इन नेताओं के फैसले का सम्मान करती है उन्होंने उम्मीद जताई कि संगठन को और मजबूत करने के लिए पार्टी के कमान राहल गांधी को सौंपी जाएगी फोरलेन कीरतप्र मनाली फोरलेन परियोजना के कारण मंडी जिला में राईट ऑफ वे से बाहर साथ लगती निजी सम्पतियों और इमारतों को हुए नुकसान का आंकलन कर मुआवजे का मामला सरकार को भेजा जाएगा मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर आज नुकसान का आंकलन करने के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

उपायुक्त ने सुन्दरनगर बल्ह और सदर के एसडीएम को अपने अपने क्षेत्र में हर मामले की स्टेट्स रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा